श्रोताओं से अपील हैं कि कोई कोताही नहीं बरतें और सभी सावधानियों का पालन करें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

मास्क पहनें

इस दौरान अंतरराज्यीय और अंतर जिला बसों का परिचालन बंद रहेगा लोगों के आवागमन पर खास नजर रखी जा रही है सरकार ने निजी दो पहिया चार पहिया वाहनों के लिए ई पास अनिवार्य किया है बिना ई पास के वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी

राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है कल पुलिस मुख्यालय में वीडियों काफ्रेंसिंग के जरिये राज्य के सभी आईजी डीआईजीएसएसपी और एसपी के साथ बैठक में डीजीपी ने राज्य में विधि व्यवस्था सहित अन्य मामलों पर समीक्षा बैठक की सभी जिलों में सख्ती से नियम का पालन कराने के लिए पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती की गयी है इसके अलावा मास्क पहनने का कड़ाई से पालन कराने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने का निर्देश दिया गया है बैठक में एडीजी मुख्यालय आरके मल्लिक आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर अनुप बिरथरे और पंकज कम्बोज मौजूद थे

अब तक कुल दो करोड़ चार लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं

डॉ पॉल ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक निजी कंपनियों की भागीदारी चाहती है कोवैक्सीन के निर्माण के लिए जिन तीन सरकारी कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है वे हैं मुंबई की हैफकिन बायो फार्मास्युटिकल्स हैदराबाद की इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और बुलंदशहर की भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स डॉ पॉल के अनुसार इन तीनों कंपनियों के साथ कोवैक्सीन की तकनीक साझा की जा रही है और उत्पादन बढ़ाने के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

कल उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहंचाने के हरसंभव उपाय करने को कहा उन्होंने बिजली दूरसंचार स्वास्थ्य और पेय जल जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता बनाए रखने तथा नुकसान की जल्द बहाली के निर्देश दिये प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में कोविड प्रबंधन बिजली उपलब्यता पर आधारित वैक्सीन शीत श्रंखला औषधि भंडारण और अन्य चिकित्सा सुविधाएं तथा ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए विशेष तैयारी करने को कहा उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्ष का कामकाज बिना रुके जारी रखा जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जामनगर से ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधा कम से कम करने के विशेष उपाय किए जाएं जामनगर में चक्रवात के कारण अगले कुछ दिनों में भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की गई है श्री मोदी ने राहत कार्यो में स्थानीय समुदायों को भी शामिल करने पर बल दिया चक्रवात ताउते से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल सचिव तटवर्ती राज्यों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं केन्द्रीय गृह मंत्रालय भी स्थिति पर निगरानी रख रहा है सभी तटवर्ती राज्यों के लिए राज्य आपदा राहत कोष की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी गई है

विद्युत मंत्रालय ने बिजली बहाली के लिए ट्रांसफर्मरों डीजी सेट और अन्य उपकरणों को तैयार रखा है दूरसंचार मंत्रालय टावरों पर नजर रखे हुए है और दूरसंचार सेवा बहाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को कोविड सहित अन्य स्वास्थ्यगत तैयारियों के लिए परामर्श जारी किया है पोत परिवहन और पत्तन मंत्रालय ने भी आपात सेवा के लिए पोतों की तैनाती की है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल संवेदनशील स्थानों से लोगों को निकालने के लिए राज्य सरकार की सहायता कर रहा है और चक्रवात से निपटने के लिए लगातार जागरुकता अभियान चला रहा है

झारखंड में कल तीन हजार एक सौ सनतावन नए मरीज मिले जबकि दोगुने से अधिक क्ल छह हजार सात सौ बासठ मरीज स्वस्थ हए वहीं पैंसठ मरीजों की मौत हई है

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर एकतालीस हजार तीन सौ छियासी हो गई है

राज्य में अठारह साल से चौवालीस साल के लोगों के कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी दिखायी दे रही है सभी जिलों में दो दिनों में एकतालीस हजार आठ सौ सतासी लोगों ने पहला टीका लिया सबसे ज्यादा बोकारो में चार हजार पांच सौ दो युवाओं ने टीका लिया रांची में नौ सौ चार युवाओं ने वैक्सीन ली राज्य में अबतक करीब तीन लाख लोगों ने टीका का पहला डोज लिया है जबकि छह लाख अड़सठ हजार चार सौ सोलह लोगों ने अभी तक कोरोना का दूसरा डोज लिया है

सरायकेला खरसावां जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को प्रभावी बनाया जा रहा है मुख्यालय सरायकेला आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र गम्हरिया खरसावां राजनगर और चांडिल क्षेत्रों में सुबह से पुलिस एवं प्रशासन की टीम लॉक डाउन के अनुपालन के लिए सड़कों पर तैनात है

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अरवा राजकमल ने संयुक्त आदेश जारी किया है जिसके तहत जिला अंतर्गत टैक्सी ऑटो रिक्शा बस ई रिक्शा एवं रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्यजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर रोक रहेगी स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा गोड्डा जिले में कोरोना के संदिग्ध रोगियों की पहचान के लिए क्विक रिस्पांस टीम गठित करने के वास्ते दिशा निर्देश दिए गए है उप विकास आयुक्त द्वारा क्विक रिस्पांस टीम के कार्यो की जानकारी दी गई उन्होंने बताया कि सुदूर प्रखंडों पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को अगर गंभीर सर्दी खांसी टाइफाइड जैसे रोग के लक्षण हों तो समिति की आशा वर्कर पोषण सखी लाइवलीहड सोसायटी के समूह स्कूल टीचर राजस्व कर्मचारी चौकीदार को शीघ्र सूचना दें इससे कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान और सहायता की जा सकेगी गोड्डा में प्रखंड स्तर पर इसके लिए कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं लोहरदगा जिला मे कोरोना का प्रभाव अब कम होने लगा है लोग संक्रमण को लेकर सावधानी बरत रहे हैं अठारह वर्ष से उपर को लोगों मे वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है विभिन्न टीका केंद्रों में युवाओं की भीड़ देखी जा रही है जिला प्रशासन द्वारा भी वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है अब तक लगभग साठ हजार लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या एक हजार एक सौ छियालीस है जबकि चार हजार छह सौ साठ लोग ठीक हो गए हैं खूंटी जिले के शहरी इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना दस्तक देने लगा है ऐसे में जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय ग्रामीण वैद्यों को एक दिन का ओरिएन्टेशन प्रोग्राम चलाकर उन्हें कुछ जिम्मेवारियां दी गयी हैं बीमारी की हालत में ग्रामीण सबसे पहले स्थानीय वैद्यों के पास जाते हैं और दवाईयां लेते हैं इसलिए जिला प्रशासन ने लोकल वैद्यों और छोटे स्तर के ग्रामीण डॉक्टरों को कोरोना संक्रमण के मामलों में ग्रामीणों तक कोरोना किट पहुंचाने की जिम्मेवारी सौंपी है

ऐसे बच्चों के संबंध में सूचना एक शून्य नौ आठ या मोबाइल नंबर नौ नौ तीन एक तीन तीन पांच पांच दो पांच पर संपर्क कर दी जा सकती है

जांच के दौरान टीम को अस्पताल में कई प्रकार की खामी पाई गई है जांच के दौरान अस्पताल में अग्निशमन की एनओसी प्रद्षण का सर्टिफिकेट दर तालिका जैसी कई कमियां भी पाई गई इस जांच टीम में प्रभारी सिविल सर्जन डॉ बरियल मार्डी के अलावे डॉ अनिर्बन महतो तथा घनपत महतो शामिल थे स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आज देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर बाइक एम्बूलेंस की शुरुआत की

उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है तथा उपलब्ध चिकित्सीय संसाधनों की नियमित समीक्षा कर बढ़ोत्तरी का लगातार प्रयास किया जा रहा है पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में एंबुलेंस की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से हेल्पलाइन नंम्बर को डायल कर सहायता के लिए सूचित किया जा सकता है